प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए जिससे साहसिक सुधारों व ढांचागत विकास के माध्यम से मज़बूत अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ यह दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर देश सहित प्रदेश में बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के रिज मैदान पर आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गियेटी थियेटर में आयोजित अटल स्मृति समारोह में भी शिरकत करेंगे इस मौके शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे भाजपा युवा मोर्चा द्वारा इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा क्रिसमस देशभर में आज क्रिसमस का त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे विश्व में ईसा मसीह के जन्म दिन के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं इस मौके पर प्रदेशभर के गिरिजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है क्रिसमस को लेकर सभी आय वर्ग विशेषकर इसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है यह दिन लोगों के जीवन को शांति सद्भाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है

वन व युवा खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने कल धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी

अटल अटल टनल रोहतांग में कल शाम कुछ शरारती तत्वों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर यातायात को बाधित करने का प्रयास किया गया एस पी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि इससे सुरंग के अन्दर जाम की स्थिति पैदा हो गई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सूबे के निजी स्कूलों ने टयूशन फीस से अधिक पैसे वसूले तो होगी कड़ी कार्रवाई पंजाब केसरी का शीर्षक है निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को कानून लाएगी हिमाचल सरकार दिव्य हिमाचल लिखता है कालेज भी पांच फरवरी तक बंद जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है ज्यादा फीस वसूली है तो डीसी के पास जाएं

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है शीर्घ पूर्ण होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें आपका फैसला की सुर्खी है पंचायत सचिव भर्ती के लिए घटाई जाएगी फीस

टीकाकरण अभियान में हिमाचल सर्वश्रेष्ठ दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है